और मौसम विभाग ने कहा अगले तीन दिनों में ठंड और बढ़ेगी

केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि न्यायपालिका महिलाओं के खिलाफ अपराध से प्राथमिकता के आधार पर निपट रही है राज्य सभा में प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने कहा कि देश में एक सौ दो अतिरिक्त त्वरित अदालतें बनाने का प्रस्ताव है इन अदालतों में विशेषकर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई होगी उन्होंने बताया कि इसके अलावा जघन्य अपराधों के निष्पादन के लिए सात सौ चार त्वरित अदालतें पहले से ही काम कर रही हैं उच्च न्यायालय में रिक्त पदों के बारे में उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े पांच वर्षो के दौरान चार सौ उनहत्तर नियुक्तियां की जा चुकी हैं और शेष रिक्त पदों पर नियुक्तियां किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं देश में वर्ष दो हजार उन्नीस बीस में करीब ग्यारह हजार किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण का लक्ष्य रखा गया है इसमें से दो हजार नौ सौ नब्बे किलोमीटर राजमार्ग चार लेन का तथा पांच सौ सत्तर किलोमीटर छह से आठ लेन का होगा लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने यह जानकारी दी साउंड बाईट आने वाले समय में जो टू टू फोर लेन फोर टू सिक्स लेन सिक्स टू ऐट लेन और उसके साथ साथ ग्रीन एक्सप्रैस हाइवे जो है ये लगभग हम लोग हंडरेड परसेंट पूरा इक्नॉमिक वाइवेट को स्टडी कर कर के फिर बजट से दस परसेंट बीस परसेंट सपोर्ट भी एडिशनल देंगे और हम करने का प्रयास करेंगे हमने एक नया मॉडल निकाला है कि पीपीपी वीओटी हाइब्रिड इनविटी

भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है रेपो दर पांच दशमलव एक पांच प्रतिशत ही बनी रहेगी रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में छह सदस्यों की मौद्रिक नीति समिति ने यथारिथिति बनाए रखने के लिए निर्विरोध समर्थन किया रिवर्स रेपो दर चार दशमलव नौ शून्य प्रतिशत और बैंक दर पांच दशमलव चार शून्य प्रतिशत बनी रहेगी वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है आय़्ष्मान भारत योजना के तहत अगले वर्ष मार्च महीने तक प्रदेश के एक करोड़ लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक लोकेश कुमार सिंह ने कहा कि गोल्डन कार्ड बनाने के लिये पंचायत स्तर पर शिविर का आयोजन किया जायेगा उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक इकतीस लाख लाभुकों के बीच गोल्डन कार्ड वितरित किये गये हैं श्री सिंह ने कहा कि अब आयुष्मान भारत योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में निजी विशेषज्ञ चिकित्सकों की भी सेवा ली जायेगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदेश के किसानों के बीच एक हजार छह सौ बत्तीस करोड़ रूपये वितरित किये गये हैं उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पटना में समीक्षा बैठक के बाद यह जानकारी दी चौवालीस लाख किसानों के खाते में पहली किश्त की राशि और लगभग इकतीस लाख किसानों के खाते में दूसरी किश्त की राशि भेजी गयी है उन्होंने बताया कि पीएम किसान पोर्टल द्वारा रद्द किये गये आवेदनों की संख्या में कमी आयी है और अब यह घटकर एक लाख अड़तालीस हजार रह गयी है पछ्आ हवा के कारण प्रदेश भर के औसत तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी है मौसम विभाग ने अगले बहत्तर घंटों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है वहीं सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा आज फारबिसगंज दरभंगा और गया सात दशमलव दो डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश के सबसे ठंडे स्थान रहे पटना का न्यूनतम तापमान दस दशमलव नौ भागलपुर का बारह दशमलव आठ और पूर्णिया का ग्यारह दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के लिये प्रचार आज शाम समाप्त हो गया मतदान सात दिसम्बर को होगा इस बार अध्यक्ष पद के लिये बारह उपाध्यक्ष के लिये दस महासचिव के लिये सात संयुक्त सचिव के लिये छह कोषाध्यक्ष के लिये दस और काउंसलर पद के लिये उनहत्तर उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं वहीं सेंट्रल पैनल के पांच पदों के लिये पैंतालीस प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं इधर आज अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के लिये पटना कॉलेज मैदान परिसर में प्रेसिडेंसियल डिबेट का आयोजन किया गया इस आयोजन के दौरान छात्रों के दो गुटों के बीच झड़प की खबर है इस मामले में स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी है औरंगाबाद जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत समाहरणालय के पास अपराधियों ने हथियार के बल पर एक दंपति से साढे सत्रह लाख रुपए लूट लिए पुलिस सूत्रों ने बताया कि मोटरसाईकिल सवार दो अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया प्रदेश के वैसे पंचायत जहां के विद्यालयों में समुचित जमीन और भवन की व्यवस्था नहीं है वहां मध्य विद्यालयों में दो पाली में कक्षाओं का संचालन किया जायेगा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि अगले वर्ष एक अप्रैल से प्रदेश की सभी पंचायतों में कक्षा नौ की पढ़ाई शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र में खेत में फसल अवशेष जलाने के आरोप में सीलारी गांव के दो किसानों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है कृषि समन्वयक नागेन्द्र कुमार सिंह के लिखित आवेदन पर यह कार्रवाई की गयी है प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन और राष्ट्रीय पेंशन योजना में पंजीकरण के लिये आज सीतामढ़ी के डुमरा स्थित जानकी इंडोर स्टेडियम में शिविर का आयोजन किया गया शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय में आज जिला प्रशासन की ओर से मेगा स्वास्थ्य शिविर और विकास मेला का आयोजन किया गया शिविर में पांच हजार से अधिक रोगियों की जांच कर उनके बीच निःशुल्क दवा का वितरण किया गया अररिया जिला प्रशासन की ओर से आज फरोग ए उर्दू कार्यशाला सेमिनार और मुशायरा का आयोजन किया गया दरभंगा जिले में द्वितीय चरण के तहत होने वाले सात पैक्स के लिये निर्विरोध निर्वाचन हुआ है मुजफ्फरपुर स्थित एसएसबी के सेक्टर मुख्यालय में स्वच्छता पखवाड़ा के तहत योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया इसमें एसएसबी के कर्मियों समेत स्थानीय लोगों ने भी सहभागिता की बक्सर जिले के नवानगर थाना में पदस्थापित एएसआई अजय कुमार की अपराधियों का पीछा करने के दौरान गश्ती वाहन से गिरकर मौत हो गयी पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी स्थित मदर डेयरी प्लांट के पास से एक टाईम बम बरामद किया गया है बम निरोधक दस्ता ने बम को निष्क्रिय कर दिया है पुलिस ने बताया कि इस बात की जांच हो रही है कि यहां यह बम किसने रखा था नवादा मंडल कारा में एक कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गयी मृतक कपिल राजवंशी को आठ दिन पहले शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था मुजफ्फरपुर के एसएसपी ने देवरिया के थानाध्यक्ष को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है बेगूसराय जेल में हत्या के मामले में बंद एक विचाराधीन कैदी व्यवहार न्यायालय के हाजत से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया फरार अपराधी की गिरफ्तारी के लिये छापेमारी की जा रही है नालंदा जिले के चंडी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी समस्तीपुर पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर छापा मारकर चार लुटेरों को गिरफ्तार किया है वहीं सारण जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से प्रलिस ने अंतर प्रांतीय सोना लुटेरा गिरोह के दो अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है पूर्णिया जिले के सदर थाना क्षेत्र के शीशाबाड़ी चौक के पास एक कैदी वाहन के अनियंत्रित होकर पलट जाने से कई कैदी और पुलिसकर्मी घायल हो गये

और मौसम विभाग ने कहा अगले तीन दिनों में ठंड और बढ़ेगी